राज्य के लिए चालीस हजार रेमडेसिविर का कोटा तय किया

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

यह कार्यक्रम आकाशवाणी और द्रदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय दूरदर्शन और आकाशवाणी के यूट्यूब चैनलों पर भी इसे सुना जा सकता है मन की बात के प्रसारण के तुरंत बाद इसके मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से किया जायेगा इसी प्रसारण को दोबारा रात्रि आठ बजे से भी सुना जा सकता है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है हालांकि पिछले दिनों की तुलना में कोविड के मामलों में मामूली कमी दर्ज की गई है पिछले चौबीस घंटों में बारह हजार तीन सौ उनसठ नये संक्रमितों की पृष्टि हुई है सबसे अधिक पटना में दो हजार चार सौ उनासी मामले मिले हैं गया से सात सौ पैंतालीस भागलपुर से छह सौ पंचानवे औरंगाबाद से छह सौ छिहत्तर सारण से पांच सौ बीस और बेगूसराय से पांच सौ नौ मामलों की पुष्टि हुई है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले चौबीस घंटों में छह हजार सात सौ इकतालीस लोगों को उपचार के बाद छ्ट्टी दे दी गयी है अब तक तीन लाख छह हजार सात सौ से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके है स्वस्थ होने की दर अठहत्तर दशमलव चार नौ प्रतिशत है वहीं पिछले चौबीस घंटों के दौरान एक सौ तेईस लोगों की मौत हो गयी है राज्य में कोविड से अब तक दो हजार सतासी लोग अपनी जान गंवा चुके हैं राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या इक्यासी हजार नौ सौ साठ है केन्द्र सरकार ने राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को एक मई से शुरू हो रहे कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के लिए अतिरिक्त निजी टीका केन्द्र स्थापित करने का निर्देश दिया है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि कोविन पोर्टल निबंधन की प्रक्रिया के लिए प्ररी तरह तैयार है और अट्ठाईस अप्रैल से निबंधन की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी केन्द्र ने इसके लिए निजी अस्पतालों और औद्योगिकी संस्थानों तथा उद्योग संगठनों के अस्पतालों को भी शामिल करने को कहा है राज्यों को पंजीकरण के आवेदन की प्रक्रिया में समन्वय के लिए उचित अधिकारी नियुक्त करने की भी सलाह दी गयी है स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को उन अस्पतालों की निगरानी करने को कहा गया जिन्होंने टीका लिया है और उसका भंडारण तथा इसके मूल्य कोविन पर घोषित कर दिये गये हैं बैठक के दौरान राज्यों को कोविड टीकाकरण केन्द्रों पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए कानून और व्यवस्था संबंधी अधिकारियों के साथ समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों अस्पतालों और कोरोना महामारी से निपटने के समस्त ब्रनियाटी ढांचे की समीक्षा करने की सलाह दी है राज्यों को वास्तविक समय में बिस्तर की उपलब्धता का रिकॉर्ड रखने को भी कहा है उन्होंने अपने घरों में आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को फोन पर सलाह उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये राज्यों को ऑक्सीजन वेंटीलेटर और आईसीयू तथा डॉक्टरों की उपलब्धता बनाये रखने की भी सलाह दी है राज्य में अब तक पैंसठ लाख अड़तालीस हजार आठ सौ बयासी लोगों को कोविड के टीके लगाये जा चुके हैं पिछले चौबीस घंटे के दौरान उनहत्तर हजार तीन सौ इकहत्तर लोगों को टीका लगाया गया है इनमें सैंतालीस हजार एक सौ नौ लोगों को पहली डोज जबकि बाईस हजार दो सौ बासठ लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक चौदह करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने लोगों से कोविड टीका लेने की अपील करते हुये कहा है कि यह टीका संक्रमण से बचाने के साथ साथ जान के जोखिम को कम करता है

इसके माध्यम से हर जिले में लोगों को जरूरत के आधार पर कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेन्टर में उपचार की सुविधा मिलेगी इसके अलावा इस महामारी से बचाव के अन्य उपाय भी लोगों को बताये जायेंगे केंद्र ने सभी राज्यों के लिए एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर का आवंटन बढ़ा दिया है इसमें बिहार के लिए चालीस हजार शीशियां मिलेंगी यह आवंटन इस महीने की तीस तारीख तक के लिए है वहीं पिछले दो दिनों में केन्द्र से एक सौ तीस मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन गैस राज्य में पहुंच चुकी है स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि ऑक्सीजन के उचित वितरण के लिए केंद्र सरकार बिहार को चार ऑक्सीजन टैंकर देगी उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार प्रतिदिन एक सौ चौरानवे टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए दवा कंपनी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन टीके के मूल्य की घोषणा कर दी है राज्य सरकारों के लिए इस टीके की कीमत छह सौ रुपए प्रति वैक्सीन होगी जबकि निजी अस्पतालों में यह एक हजार दो सौ रुपए में मिलेगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में चिकित्सकों और पारा मेडिकल कर्मियों के रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वॉक इन इंटरव्यू प्रक्रिया के जरिए हर जिले में आवश्यकतानुसार चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों पर नियुक्ति करें केन्द्र सरकार ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुये सभी राज्य सरकारों को अस्थायी फील्ड अस्पताल बना कर बेड बढ़ाने का निर्देश दिया है साथ ही हर सम्भव मदद का भरोसा दिलाया है स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकारे इस काम में डीआरडीओ सीएसआईआर समेत किसी भी निजी या सार्वजनिक क्षेत्र से सहायता ले सकते हैं वहीं केन्द्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन मेडिकल ऑक्सीजन और उससे संबंधित उपकरणों पर आयात शुल्क हटा दिया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से कोविड नियमों का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया है

वैक्सीनेशन साथ साथ चल रहा है हमको कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर यानी मास्क साबुन से हाथ धोना है और दो गज की दूरी और जो बड़े बड़े भीड़ वाले इवेंट्स हैं इनको अवॉयड करना है मजबूरी में जाना भी पड़ता है तो भी जो है प्रिकोशन्स को नहीं छोड़ना है

केन्द्र सरकार ने कहा है कि भारतीय रेलवे ने पांच हजार छह सौ रेल डिब्बे कोविड देखभाल केन्द्र में बदला है रेल विभाग स्वास्थ्य देखभाल के प्रयासों में हर संभव पूरक सहायता उपलब्ध करा रहा है डिब्बों में संचालित कोविड देखभाल केन्द्रों में हल्के लक्षणों वाले रोगियों का उपचार किया जा सकेगा ये डिब्बे राज्य सरकारों की मांग के अनुसार उपलब्ध कराए जा रहे हैं पटना स्थित निफ्ट कॉलेज के सहायक प्रोफेसर गुंजन कुमार का निधन पटना के एक निजी अस्पताल में हो गया वे कोरोना संक्रमित थे दानापुर रेल मंडल कार्यालय के कर्मचारी रितेश कुमार घोष की कोविड उन्नीस संक्रमण के कारण पटना स्थित सेन्ट्रल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी प्रदेशभर के अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गयी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान दिन के तापमान में और वृद्धि होगी छब्बीस अप्रैल को पूर्वी बिहार के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की सम्भावना है

नालंदा जिले के पावाप्री में कोरोना महामारी के कारण सभी सरकारी आयोजन रद्द कर दिये गये हैं वहीं कुंडलपुर में भगवान महावीर की जयंती सादगीपूर्ण ढंग से मनाई जा रही है जैन समुदाय के लिए महावीर जयंती का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को भगवान महावीर की जयंती की शुभकामना दी है पटना के गोविंदमित्रा रोड में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक दवा व्यवसायी की गोलीमार कर हत्या कर दी गोलीबारी में व्यवसायी का एक कर्मचारी भी गम्भीर रूप से घायल हो गया है खगड़िया जिले के मोरकाही थाना क्षेत्र के लचकापुल के पास हाईटेंशन तार की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गयी जबकि दो अन्य झुलस गये समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड के बिरौली घाट पर गंडक नदी में स्नान करने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गयी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 हिन्दुस्तान की सुर्खी है सांस पर संकट अस्पतालों में तीन गुना तक बढ़ी ऑक्सीजन की मांग दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है बिहार के सभी प्रखंडों तक पहुंचा संक्रमण बारह हजार तीन सौ उनसठ नये पॉजिटिव एक्टिव केस इक्यासी हजार नौ सौ साठ दैनिक जागरण ने भारत के अड़तालीसवें प्रधान न्यायाधीश बने जस्टिस रमन्ना को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर का शीर्षक है राज्य में नहीं मिला कोरोना का नया वैरिएंट दैनिक आज प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के हवाले से लिखा है तीन माह तक ऑक्सीजन व वैक्सीन के आयात पर कस्टम ड्यूटी नहीं

एक सौ तेईस लोगों की मौत

राज्य के लिए चालीस हजार रेमडेसिविर का कोटा तय किया